उन्होंने इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हए ये बात कही प्रधानमंत्री की म्ख्यमंत्रियों के साथ यह इस तरह की चौथी बैठक थी श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के प्रारम्भ में लगभग एक जैसी थी लेकिन समय से कदम उठाये जाने के कारण भारत बहत लोगों की रक्षा करने में सफल रहा श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब तक दो लॉकडाउन देख च्का है और दोनों अलग अलग तरह से रहे है अब हमें आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अन्सार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले क्छ महीनों तक नजर आएगा दो गज दूरी के मंत्र को दोहराते हए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे है कि उन्हें खांसी ज्काम या कोई अन्य लक्षण है और यह स्वागत योग्य चिन्ह है

राज्य के नाम अपने संदेश में कल राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का पैतीसवां दिन ग्जर च्का है और सरकार दवारा जब तक अनिवार्य न हो तब तक इसे सही भावना के साथ लागू करते रहना है राज्यपाल ने लोगों के साथ अपनी ख्शी को सांझा करते ह्ए कहा कि भगवान की कृपा और राज्य के लोगों के सहयोग के कारण अरुणाचल प्रदेश आज प्री तरह कोरोना से म्क्त है जिसके कारण द्रनिया के अत्यधिक उन्नत देशों में हजारों लोगों की मौतें हुई है उन्होंने कहा कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर नर्से अर्धचिकित्सक कर्मचारी प्लिस अधिकारी अग्नि एवं आपातकालिन सेवा एस डी आर एफ सिविल प्रशासन जिला उपाय्क्तों जिले के प्लिस अधीक्षकों गांव बूढ़ा जैसे बहाद्र कोरोना फाईटर पूरी निष्ठा के साथ अपनी अपनी सेवा दे रहे है उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियां भी लोगों की आवश्यकताओं और आपात चिकित्सा को पूरा करने के लिए चौबीसो घंटे काम कर रहे हैं

कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि सेवानिवृत्ति की आय् घटाने का कोई प्रस्ताव किसी भी स्तर पर नहीं है उन्होंने कहा कि क्छ निश्चित स्वार्थी तत्व हैं जो पिछले कुछ दिनों से सरकारी स्त्रों के हवाले से गलत स्चनाएं दे रहे हैं

राज्य सरकार ने राजधानी ईटानगर और अन्य जिलों से अपने गांव में जाने के लिए लोगों को पास जारी किए हैं

अरूणाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से एक बड़ा राज्य है इसके पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक आने के लिए पूरा दिन लगता है लॉकडाउन के कारण सड़क के किनारे कोई भी होटल या द्कान नहीं खुली है यह बह्त मुश्किल है कि बिना भोजन और पानी के इतनी लम्बी यात्रा की जाए विशेष रूप से बच्चों और ब्ज्र्गों के लिए इसे ध्यान में रखते हुए दापोरिजो के आम लोगों और गैर सरकारी संगठनों ने इन यात्रियों के लिए सड़क पर नाश्ते की व्यवस्था की है वहीं दापारिजों में कई मकान ने लॉकडाउन से प्रभावित किरायेदारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हए महीने का किराया माफ कर दिया है दापोरिजो के बाजार कल्याण संगठन के सचिव तामिन ग्हा ने कहा है कि मकान मालिकों और व्यवसायिक कांप्लेक्स के मालिकों के इस कदम से व्यवसायियों और प्रवासी कामगारों को राहत मिलेगी

उन्होंने कहा कि राजधानी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाएं रखने के साथ साथ शाक सब्जियों की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिला उपाय्क्त ने कहा कि राज्य के बोमडिला सागाली सहित सब्जी उत्पादक इलाकों से इसकी आपूर्ति के लिए कदम उठाएं गए है इसके बावजूद राजधानी क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए होलोंगी चेकगेट से पड़ोसी राज्य असम से ग्रीन जोन इलाको से सब्जियों की आपूर्ति को अनुमति दी गई